पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का दावा देश व प्रदेश के विकास में कांग्रेस का अहम योगदान

ऐसे में चुनाव प्रचार चरम की ओर पहुंचने लगा है और कई केन्द्रीय नेता भी प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिले के निरमण्ड और मण्डी ज़िले के सराज विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा और भारत को शिखर पर पहुंचने के लिए नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना ज़रूरी है जयराम ठाक्र ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे व्यक्तिगत हितों के लिए एकजुट हो रही हैं उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं सराज क्षेत्र के छतरी में एक जनसभा में जयराम ठाकुर ने कहा कि पंडित सुखराम ने फिर से कांग्रेस में जाने के संबंध में जल्दबाज़ी में गलत निर्णय लिया है क्योंकि इससे मण्डी वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है

वीरभद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी का देश व प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है प्रचार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की प्रदेश में चुनावी रैलियां तय होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम तय कर दिया है

हरिप्रसाद ने केन्द्र सरकार पर देश में विकास कार्य ठप्प करने का आरोप लगाया उन्होंने दावा किया कि देश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और हिमाचल में भी पार्टी चारों सीटें जीतेगी

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में चल रही भाजपा की लहर से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बिना सबूत के ही राफेल सौदे में प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं रामलाल इस बीच हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो कर्मचारियों पर दबाव डाल कर प्रचार करवा रही है उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अनेक विकास कार्य करवाए जिसके दम पर पार्टी जनता के बीच जा रही है सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के देवठी देलगी हरिपुर सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के तहत चुनाव प्रचार किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कसौली को पर्यटन की दृष्टि से और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी उन्होंने कहा कि सिरमौर ज़िला में भी कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर विश्व मानचित्र पर लाने के प्रयास किए जाएंगे कश्यप ने दावा किया कि पूरे देश में आज भाजपा की लहर है और प्रदेश में भी भाजपा चारों सीटें जीतेगी च्नाव प्रशिक्षण धर्मशाला में आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए मतदान प्रक्रिया को लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए पोलिंग बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए जाएंगे जो पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे इस दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स को वीवीपैट और ईवीएम की विस्तृत जानकारी भी दी गई अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं और वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते मण्डी में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरभद्र सिंह के खिलाफ आधारहीन बयानबाज़ी कर रहे हैं अग्निहोत्री ने दावा किया कि कांग्रेस को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और पार्टी इस बार चारों सीटें जीतेगी धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर इलाके में कई स्थानों पर चुनाव प्रचार किया उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही विकास को गति मिली है जबकि कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया

उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान का आग्रह किया

ये सभी लोग सराज के भाटकीधार में होने वाली चुनावी रैली में जा रहे थे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं मुरव्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों से संवेदना जताई है उन्होंने ज़िला प्रशासन को पीड़ितों के परिजनों को तत्काल राहत और हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है

उपायुक्त अश्वनी कमार चौधरी ने क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया

इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं जासूसी आरोप प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जासूसी करने का आरोप लगाया है पार्टी के मीडिया सचिव बलदेव ठाकुर ने कहा कि विपक्षी नेताओं की चुनावी सभाओं की जासूसी करवाना उचित नहीं है उन्होंने भाजपा नेताओं पर चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप भी लगाया है दस्तावेज् निर्वाचन आयोग प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है बिलासपुर के ज़िला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने बताया कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य स्थलों पर होर्डिंग स्थापित किए गए हैं